इस अवसर पर रक्षा मंत्री प्रम्ख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रम्ख भी मौजूद रहेंगे समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है

संक्रमण से ठीक होने वालों की दर छियानवें दशमलव नौ एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में तेरह हजार से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हए और बारह हजार छह सौ नवासी नए मामले सामने आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई एक सौ सैतीस मौतों को मिलाकर अब तक देशभर में एक लाख तीन हजार सात सौ चौबीस लोगों की महामारी से मृत्य् हो च्की हैं इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण का एक मामला सामने आया और दो रोगी स्वस्थ हए राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चौदह रह गई है और कोविड रिकवरी दर बढकर निन्यानवें दशमलव पांच आठ प्रतिशत हो गई है उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में सरकार दवारा समय पर उठाए गए कदमों के कारण अब कोविड संक्रमण के मामले बहत कम रह गए हैं

हालहीं में दिरांग और बोमडिला अंचल के किसानों को जागरुक करने के लिए साइंटिस्ट फर्मएस परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें संस्थान के निदेशक डॉ मिहिर सरकार कृषि वैज्ञानिक डॉ के के बरुवा सहित संस्थान के कई वैज्ञानिकों ने याक पालक किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए उनसे मिलने वाले उत्पादों से बाजार की मांग को ध्यान में रखकर अच्छे उत्पाद बनाने का स्झाव दिया संस्थान ने दिरांग के आस पास के करीब सत्तर जनजातीय किसानों को वैज्ञानिक तरीके से याक पालन के लिए ट्राइबल सब प्लान से सहायता प्रदान की है

काउंसिलर पोनुङ रादेग सारिंग ने बताया कि स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों के सहयोग से पूरे वार्ड को स्वच्छ बनाएं रखने के लिए म्हिम चलाई जा रही है उन्होंने कहा कि लोगों को निर्धारित स्थानों पर कूड़े के निपटारे और जल स्रोतो को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है

इसी तरह आलीप्रद्वार से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन एक फरव ई रोजाना चलाई जायेगी

ईस्ट सियांग जिले के कियित गांव में मशरुम की खेती पर आयोजित कार्यशाला में आसपास की पच्चीस महिलाओं ने हिस्सा लिया इस अवसर पर सी एच एफ पासीघाट के डीन डॉ बी एन हाजोरिका और कृषि विज्ञान के विशेषज्ञों डॉ रमेश शाक्यवार ने महिलाओं से आत्मनिर्भर बनने के लिए मशरुम की खेती करने का सुझाव दिया

प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले न्योक्म य्लो फ्टबॉल प्रतियोगिता में किमिन क्षेत्र की सात टीमें हिस्सा ले रही है